केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसकी अवधि चौदह दिन बढ़ाकर इकत्तीस मई तक करने की घोषणा की थी पच्चीस मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड नाइन्टीन का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड अॅरिंज और ग्रीन जोन निर्घारित करने की अनुमति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और अॅरिंज जोन के बीच स्थित कंटेन्मेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेन्मेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले चौदह दिनों तक रोक रहेगी चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देशभर में बंद रहेंगे संक्रमण की उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है पूजा स्थलों में एकत्रित होने अथवा और धार्मिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे आवश्यक सेवा के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी के लिए इकत्तीस मई तक लागू रहेगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोविड नाइन्टीन प्रंबधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिये सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है शादी समारोह में पचास से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है

प्रधानमंत्री ने इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकार्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से अब तक छत्तीस हजार आठ सौ तेईस रोगी स्वस्थ हुए हैं और इस तरह देश में स्वस्थ होने वालों की दर अड़तीस दशमलव दो नौ प्रतिशत पर पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार सात सौ पन्द्रह रोगी स्वस्थ हुए हैं और पांच हजार दो सौ बयालिस नये मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर छान्नवे हजार एक सौ उनहत्तर पहुंच गई है कल एक सौ सत्तावन मौतों की पुष्टि के साथ ही देशभर में मरने वालों की संख्या तीन हजार उन्तीस हो गई प्रदेश में पिछले दो दिन से कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ रही है इस बीच राज्य सरकार ने पूर्वत्तेर क्षेत्र से भी राज्य के फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाने का फैसला किया है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि रेलगाड़ियों से आ रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की दस हजार बसों का इंतजाम किया गया है आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है इस कड़ी में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेन्ट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना संक्रमण से बचाव पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए कहीं ने कहीं इनको बेलेंस बनाना पड़ेगा जहां ज्यादा है जहां रेड जोन है कंटेमेंट जोन है यूनिक्सत जो चीजे हैं उनको मानना ही है और यह हमारे देश को दो महीने में समझ में आ गया है

सेनेटाइजर या श्रोप ये दो चीजे हैं और जिसकों हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशन डिस्टेंसिंग हमें बहुत अच्छी तरह से पालन करना है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बारहवीं परीक्षा की बाकी बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ केन्द्रो पर दसवीं की बाकी बची परीक्षाओं की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है

परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सेनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उड़ानों के लिए बुकिंग अभी बंद है एयर इंडिया ने कहा कि सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही बुकिंग शुरू की जाएगी